इस मौके पर उन्होंने कहा कि सोसाईटी द्वारा जरूरतमद लोगों को राशन वितरित कर समाज सेवा की अनोखी पहल की गई है और इसमें समी को अपनी भागीदारी निभानी चाहिए सहजल ने कहा कि सोसाईटी द्वारा रोटी बैंक स्थापित किया गया है जिसके माध्यम से निर्धन परिवारों को राशन दिया जा रहा है जो एक सहरानीय कदम है इससे पहले उन्होंने गुरूद्वारे में शीश भी नवाया प्रदेश विधानसभा में प्राक्कलन समिति की दो दिवसीय बैठक कल शिमला स्थित विधानसभा सचिवालय में संपन्न हुई

प्रदेश में हज यात्रियों के लिए तीन स्थानों पर शिविर आयोजित करने के लिए प्रशिक्षक नियुक्त किए गए हैं

खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि डब्ल्यू डब्ल्यू ई को औलोम्पिक सूची में लाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे सोलन में पत्रकारों से बातचीत मे उन्होंने कहा कि इस खेल को बढ़ावा देने के लिए द ग्रेट खली की सीडब्ल्यूई संस्था को भरपूर मदद दी जाएगी गोविंद ठाकुर ने कहा कि आज सोलन में द ग्रेट खली द्वारा रैसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा जिसमें जाने माने रैसलर भाग लेंगे द ग्रेट खली ने मंडी की तरह सोलन में भी निशुल्क प्रतियोगिता दिखाने का एलान किया है उन्होंने कहा कि खेल मंत्री का उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

धर्मशाला में अवैध निर्माण के खिलाफ कोताही बरतने पर प्रदेश उच्च न्यायालय की टिप्पणी पर दिव्य हिमाचल की सुर्खी हैं जब तक अदालत डंडा न चलाये सोये रहते हैं अधिकारी कर्मचारी

पंजाब केसरी की एक खबर है धर्मशाला में कोर एरिया को मिक्स लैंड यूज एरिया तबदील क्यों किया प्रदेश हाई कोर्ट ने मांगा जवाब तिरूपति बालाजी की तरह निखरेगा चिंतपूर्णी मंदिर शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है केंदीय पर्यटन मंत्रालय ने प्रसाद योजना में शामिल किया हिमाचल अमर उजाला की एक सुर्खी है बिलासपुर और सोलन में फैला डेंगू स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट अब शिमला का कचरा नहीं उठायेंगे रोहिंग्या शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है कंपनी ने छोड़ा रोहिंग्या को तैनात करने का इरादा इसी अखबार ने अपने बॉटम में अनुशासनहीन शिक्षकों पर सरकार की सख्ती पर सुर्खी दी है शिक्षा के मंदिरों में सफाई अभियान आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है करसोग में दोबारा खोला जायेगा पॉलीटेकनीक कॉलेज हिमाचल दस्तक ने शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी के ब्यान को सुर्खी दी है बहुमंजिला भवन निर्माण के नियम बदलेंगे पंजाब केसरी की एक खबर है अकादमी के लिए खली को जमीन देगी सरकार दैनिक भास्कर की एक सुर्खी है रोहतांग के लिए एक हजार और टैक्सियों के परमिट मांगेगी सरकार गुड़िया प्रकरण पर दैनिक सवेरा टाईम्स का शीर्षक है सीबीआई चार्जशीट पर सवाल उठा रहे गुड़िया के पिता जबकि अजीत समाचार का कहना है गुड़िया के पिता सी बीआई जांच से नहीं संतुष्ट

एक नज़र संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय शाबाश सीमा में लिखता है कि चंबा जिले की धाविका सीमा की उपलब्धियों ने साबित कर दिखाया कि जब मन में कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी बाधा मंजिल रोक नहीं सकती दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय में लिखा है कि जो गांव अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने में असमर्थ हैं वहां शिष्टाचार की दहलीज बदल चुकी है ऐसे में आवश्यकता है कि सर्वेक्षण के माध्यम से ये पता लगाया जाये कि हिमाचली गांव वास्तव में कहां जा रहे हैं